कहा देश की रक्षा में शहीद जवानों का सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जायेगा

पटना एयरपोर्ट पर बिहटा के सैनिक सुनील कुमार का पार्थिव शरीर पहुंचा राज्य के मंत्रियों और विभिन्न दलों के नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसक झड़पों में शहीद हुए भारतीय सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा विश्वव्यापी कोरोना महामारी से राष्ट्र के संघर्ष को और सशक्त बनाने की रूपरेखा तय करने के लिए राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ दूसरी वर्चूअल बैठक से पहले यह टिप्पणी की उन्होंने कहा कि जो कोई भारत की सम्प्रभुता और अखंडता के साथ छेड़छाड़ का प्रयास करेगा उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा

श्री मोदी ने शहीद जवानों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि दुःख की इस घड़ी में समूचा देश उनके साथ है

भारत चीन सीमा पर बढ़ते तनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रक्रवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है पूर्वी लद्दाख की गलवान वैली में दोनों देशों की सेनाओं के बीच हाल में हुई हिंसक झड़पों के मद्देनजर यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है भारत चीन सीमा पर पूर्वी लद्दाख की गलवान वैली में हिंसक झड़प में शहीद बिहार के निवासी पांच जवान शहीद हुए हैं पटना के बिहटा के निवासी शहीद जवान सुनील कुमार का पार्थिव शरीर अब से थोड़ी देर पहले पटना एयरपोर्ट पर लाया गया एयरपोर्ट पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी राज्य सरकार के मंत्री प्रेम कुमार नंद किशोर यादव श्रवण कुमार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव सहित विभिन्न दलों के नेताओं ने शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की सेना के बिहार रेंजीमेंटल सेंटर पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किये बीते सोमवार को चीन की सेना के साथ हिंसक झड़प में वैशाली के जयकिशोर सिंह सहरसा जिले के कुंदन कुमार समस्तीपुर के अमन कुमार तथा भोजपुर के सेना के जवान चंदन कुमार भी शहीद हुए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जवानों की शहादत को नमन किया है श्री कुमार ने कहा कि देश की रक्षा में बिहार के सपूतों ने अपना बलिदान दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर दोहराया कि सरकार द्वारा उचित समय पर लिए गये निर्णयों से देश में कोविड उन्नीस महामारी के प्रकोप को काफी हद तक कम करने में मदद मिली है कोरोना वायरस के खिलाफ भारत के संघर्ष को और सुद्रढ़ करने की रूपरेखा तैयार करने के लिए आयोजित राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की वर्चुअल बैठक के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह बात कही

उन्होंने भारत को कोरोना वायरस के बाद सामान्य स्थिति में लाने के लिए एनजीओ और निजी क्षेत्र समेत सभी संगठनों से एकजुट होकर और अधिक प्रयास करने का भी आग्रह किया प्रदेश में कोरोना महामारी से संक्रमण के उनासी नये मामलों की पूष्टि के बाद कुल संक्रमितों की संख्या छह हजार आठ सौ नवासी हो गयी है स्वास्थ्य विभाग ने आज जारी अपने पहले अपडेट में बताया है कि संक्रमण के सबसे अधिक ग्यारह नये मामले सीवान जिले में सामने आये हैं ये सभी मामले एक ही स्थान गोरियाकोठी के हैं वहीं लखीसराय में दस अररिया और जहानाबाद में आठ आठ पटना में सात बेगूसराय मध्रबनी और समस्तीपुर में छह छह बक्सर में चार औरंगाबाद में तीन सारण रोहतास भागलपुर में दो दो और बांका तथा मधेपुरा में एक एक मामले सामने आये हैं इधर प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर सड़सठ प्रतिशत से अधिक हो गयी है पिछले चौबीस घंटों में तीन सौ पैंतालीस लोगों को उपचार के बाद छूट्टी दे दी गयी स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर चार हजार सात सौ छिहत्तर हो गयी है वहीं कटिहार में कोरोना संक्रमित एक व्यक्ति की मौत के बाद मृतकों की संख्या उनतालीस हो गयी है देश में कोविड उन्नीस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर तीन लाख चौवन हजार पैंसठ हो गई हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना के दस हजार नौ सौ चौहत्तर नए मामले सामने आये हैं वहीं इस अवधि में वायरस से दो हजार तीन मरीजों की मृत्यु हुई है महामारी से मरने वालों की कुल संख्या ग्यारह हजार नौ सौ तीन हो गयी है

कृषि मंत्री प्रेम कूमार ने कहा है कि खरीफ मौसम में उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है श्री कुमार ने कहा कि पंद्रह जून तक चार लाख छियालीस हजार टन से अधिक यूरिया का आवंटन किया गया है उन्होंने कहा कि डीएपी और अन्य उर्वरकों का भी पर्याप्त मात्रा में स्टॉक उपलब्ध है इधर कृषि विभाग ने इलेक्ट्रोनिक पीओएस मशीन से ही खाद विक्रेताओं को बिक्री करने को कहा है निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर उर्वरक बेचने वालों की धर पकड़ के लिये उड़नदस्ते का भी गठन किया जा रहा है इस महीने की इक्कीस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह की शुरूआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संदेश के साथ होगी द्रदर्शन सुबह साढ़े छह बजे इसका प्रसारण करेगा इसे अन्य डिजिटल मंचों पर भी देखा जा सकेगा इस वर्ष कोरोना के चलते मुख्य ध्यान इस बात पर दिया जा रहा है कि लोग घरों में ही अपने परिजनों के साथ योग करें योग से मनुष्य का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है और इससे प्रतिरक्षण क्षमता भी बढ़ती है प्रसार भारती ने इस महीने की ग्यारह तारीख से अपने डी डी भारती चैनल पर प्रतिदिन सुबह आठ बजे से साढ़े आठ बजे तक योग का कार्यक्रम शुरू कयिा है आयुष मंत्रालय ने माई लाइफ माई योगा शीर्षक से वीडियो ब्लागिंग प्रतियोगिता भी शुरू की है जिसमें भाग लेने वालों को अपनी योग क्रियाओं को वीडियो क्लिप भेजने होंगे आकाशवाणी से बातचीत में मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के निदेशक ईश्वर बासव रेड्डी ने कोरोना संक्रमण के दौर में तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए योग की महत्ता पर प्रकाश डाला है

वो सिर्फ एक दिन चार दिन के लिए नहीं है एक आन्दोलन में परिवर्तन हो चुका है सो आने वाले दिनों में मैं चाहता हूं कि योग हमारा सांस्कृतिक धरोहर है हम इसको प्रचलित करना है स्वयं इसको अभ्यास करके इसका लाभ लेना और दायित्व है हमारा कर्तव्य है देश के विभिन्न हिस्सों से आज बिहार के आठ हजार दो सौ पचास प्रवासी कामगार अपने गृह जिलों में पहुंच रहे हैं इसके लिये उत्तर प्रदेश से तीन जबकि जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु से एक एक श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां श्रमिकों को लेकर अपने गंतव्य तक पहुंच रही हैं कल भी चार विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन किया जायेगा जिनके माध्यम से छह हजार छह सौ श्रमिकों के पहुंचने की संभावना है

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सभी उम्मीदवारों अभिभावकों और आम लोगों को सूचित किया है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा परीक्षा के स्थगन से संबंधित कोई निर्णय नहीं लिया गया है लोगों को किसी भी फर्जी खबर से सावधान रहने की सलाह दी गई है और केवल आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना पर विश्वास करने को कहा गया है

औरंगाबाद जिले के कुटुम्बा और रफीगंज प्रखंड को इस वर्ष के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार के लिये चुना गया है यह जानकारी जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने दी है अररिया जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एबीसी नहर के पास पुलिस ने एक वाहन से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है कटिहार जिले में जापानी इंसेफ्लाईटिस टीकाकरण अभियान एक बार फिर शुरू हो गया है जिलाधिकारी कंवल तनुज ने आज इसकी शुरूआत की बेगूसराय जिले के तेघड़ा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने चीन के खिलाफ रोषपूर्ण प्रदर्शन किया और चीनी सामान के बहिष्कार का संकल्प लिया

कहा देश की रक्षा में शहीद जवानों का सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जायेगा

पटना एयरपोर्ट पर बिहटा के सैनिक सुनील कुमार का पार्थिव शरीर पहुंचा राज्य के मंत्रियों और विभिन्न दलों के नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की